इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने सलाह दी कि सरकार नगरनार संयंत्र को खरीद ले अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि यदि नगरनार संयंत्र का विनिवेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है इसके बाद विपक्ष की मांग पर शासकीय संकल्प के प्रस्ताव का स्वरूप बदला गया इसके बाद इस शासकीय संकल्प को सदन में सर्व सम्मति से पारित कर दिया गया आज सदन में विपक्ष द्वारा विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया लंबित होने और बेरोजगारी से जुड़े मुद्दे उठाए गए जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि प्रदेश में आरक्षको के साढ़े छह सौ से ज्यादा पदों पर भर्ती की पक्रिया चल रही है उन्होंने बताया कि वर्ष दो हजार अट्ठारह में छह सौ पचपन पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी अधिसूचना के आधार पर सवा लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया जिसे आसंदी ने अग्राहृय कर दिया भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने शून्यकाल के दौरान प्रदेश में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं कई विभागों में पद खाली है वहीं पुलिस विभाग में ही पचास हजार पद रिक्त हैं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी राज्य सरकार पर युवाओं महिलाओं कर्मचारियों और किसानों से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया

इस पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने संबंधित मामले में गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए कहा कि बिल्हा के तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संशोधन विधेयक पारित हो गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि केन्द्र से राज्य सरकार को पांच हजार आठ सौ करोड़ रूपये कम प्राप्त हुए हैं राज्य को जीएसटी से प्राप्त होने वाले करीब सात हजार करोड़ रूपये में से लगभग दो हजार करोड़ रूपये कम मिले हैं कुल मिलाकर राज्य के हिस्से में लगभग सात हजार करोड़ रूपये की कमी होने से प्रदेश के संसाधनों में भी कमी आई है इसलिए वित्तीय घाटे की सीमा बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया गया है वहीं आज सदन में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक भी पारित हो गया इस पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि इस विधेयक में कृषक कल्याण शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है जो कि कुछ अन्य राज्यों में पहले से लागू है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मण्डी के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक सौ चौंसठ नये गोदाम बनाए जाएंगे कृषक कल्याण शुल्क की यह राशि गोदाम तथा किसानों के लिए विश्राम गृह बनाने में खर्च की जाएगी मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर भारतीय खाद्य निगम में छब्बीस लाख मीटरिक टन उसना और चौदह लाख मीटरिक टन अरवा चावल के उपार्जन की अनुमति जल्द प्रदान करने का अनुरोध किया है श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि चालू खरीफ वर्ष में उपार्जित किए जाने वाले धान की कस्टम मिलिंग के बाद साठ लाख मीटरिक टन चावल केन्द्रीय पूल में जमा करने की सहमति केन्द्र सरकार ने दी थी लेकिन अब तक आदेश जारी नहीं होने के कारण भारतीय खाद्य निगम एफसीआई में चावल जमा नहीं हो पा रहा है उन्होंने कहा कि इस संबंध में पहले भी केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर चावल उपार्जन की अनुमति देने की मांग की गई थी दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने एफसीआई के माध्यम से साठ लाख मीटरिक टन धान खरीदने के लिए नौ हजार करोड़ रूपये भेज दिए हैं जबकि राज्य सरकार पचयासी लाख मीटरिक टन धान खरीद रही है भाजपा ने राज्य सरकार से मांग की है कि वे किसानों से प्रति एकड़ बीस क्विंटल धान खरीदें कोरोना टीकाकरण भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है पहले चरण में चार राज्यों आंध्र प्रदेश गुजरात पंजाब और असम में दो दिन का अभ्यास आज से शुरू हो गया इस अभ्यास का उद्देश्य टीकाकरण अभियान में चुनौतियों की पहचान करना और इस आधार पर योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधारहित बनाया जा सके स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दो दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा इससे कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया की जांच करने और संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी इससे प्रक्रिया में आवश्यक सुधार सहित अभियान को बेहतर ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा इस दौरान विकासखंड और जिला स्तरों पर निगरानी तथा समीक्षा पर भी ध्यान दिया जायेगा अभ्यास के दौरान मिलने वाली जानकारी और सुझाव राज्यों और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराये जायेंगे कोरोना जागरूकता जांजगीर चांपा जिले में कोरोना जागरूकता को लेकर कुछ अलग ही कोशिश की जा रही है जिले के दो सौ तीस धान खरीदी केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी धान खरीदी केंद्रों पर कोरोना से बचाव संबंधी फ्लैक्स लगाए हैं साथ ही किसानों से इन निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है जिले के धान खरीदी केन्द्रों पर टोकन लेने वाले किसानों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है उसके बाद किसानों को मास्क पहनने और दो गज की दूरी बनाए रखने संबंधी जानकारी दी जा रही है धान तौलते समय भी किसानों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और आपसी दूरी बनाए रखने को कहा जा रहा है कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि किसानों को जागरूक करने के लिए सभी खरीदी केंद्रों पर आवश्यक इंतजाम किए गए हैं साय जांजगीर इस बीच जांजगीर के दौरे पर पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम लोगों और प्रवासी मजदूरों की काफी मदद की पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया और कोरोना योद्वाओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया गया श्री साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की समस्या अभी भी बनी हुई है उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील को दोहराते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं

इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच शून्य एक पांच शून्य दो और पांच शून्य तीन पर कल और परसों दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की चौदहवीं कड़ी का प्रसारण आगामी दस जनवरी को किया जाएगा इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा कोंडागांव आकांक्षी जिला नीति आयोग ने आकांक्षी जिले के रूप में चुनौतियों से निपटने के लिए कोंडागांव जिले के प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा है इसके साथ ही नीति आयोग ने कोंडागांव जिले के लिए तीन करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन जारी करने का निर्णय लिया है आयोग ने बीते सितंबर अक्टूबर महीने में कोंडागांव जिले द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर यह निर्णय लिया है गौरतलब है कि नीति आयोग आकांक्षी जिलों द्वारा चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का आंकलन कर रैंकिंग के आधार पर आवंटन जारी करता है माओवादी आत्मसमर्पण दंतेवाड़ा जिले में आज तीन इनामी सहित आठ माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया की इसमें से कुछ माओवादी भाजपा विधायक भीमा मंडावी की हत्या में शामिल थे वहीं इन पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक इकसठ इनामी सहित दो सौ छब्बीस माओवादी पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं भाजपा प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इसी कड़ी में जांजगीर में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय शामिल हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर एक हजार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के बाद राज्यभर के मंडल स्तर के प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके तहत उन्हें दस बिंदुओं पर जानकारी दी जा रही है साथ ही नये कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जा रहा है ताकि वे अनुशासित रहें कांग्रेस स्थापना दिवस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ध्वजारोहण किया इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेसजन उपस्थित थे राजधानी के साथ ही सभी जिलों शहरों और ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया नववर्ष दिशा निर्देश कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए नववर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में सरगुजा जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जिले के एसडीएम अजय त्रिपाठी ने बताया कि इकतीस दिसंबर की रात साढ़े बारह बजे तक ही नववर्ष का जश्न मनाया जा सकेगा इस जश्न में अधिकतम दो सौ लोग ही शामिल हो सकते हैं आयोजन स्थल पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रहेगी आयोजन स्थल पर सैनिटाईजर की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा आयोजन में शामिल होने वाले लोगों को अपना नाम और पता रजिस्टर में दर्ज कराना होगा इसके अलावा समारोह की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं रबी फसल प्रदेश में इन दिनों रबी फसल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में कृषि विभाग ने नौ विकासखंडों में रवी फसल के लिए किसानों को दलहन तिलहन के बीज उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है जिले में एक जनवरी से नहरों से पानी भी छोड़ा जाएगा कृषि विभाग के उप संचालक एमआर तिग्गा ने बताया कि इस साल जिले में एक लाख बीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की फसल लेने का लक्ष्य रखा गया है इस संबंध में कृषि विभाग का मैदानी अमला किसानों को जरूरी मार्गदर्शन दे रहा है धान जब्त महासमुंद जिले में धान का अवैध भंडारण करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके पास से सतयासी बोरा धान वाहन सहित जब्त किया गया है जिले में अवैध धान परिवहन के अब तक करीब डेढ़ सौ मामले दर्ज किए गए हैं इनमें दस वाहनों के साथ करीब बत्तीस सौ क्विंटल धान भी जब्त किया गया है किसान चक्काजाम गरियाबंद के केंद्रीय जिला सहकारी बैंक में बीते गुरूवार से नकद राशि खत्म हो जाने से आक्रोशित किसानों ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम कर दिया किसानों का कहना था कि गुरूवार के बाद पिछले तीन दिनों तक बैंक में छुट्टी होने और इसके बाद आज सोमवार को भी बैंक में नकद राशि नहीं आने से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है आक्रोशित किसानों ने बैंक के सामने प्रदर्शन भी किया पोरा बाई मामला जांजगीर चांपा जिले की अदालत ने वर्ष दो हजार आठ की बारहवीं बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को फर्जी तरीके से बदलने के मामले से जुड़े नौ आरोपियों को रिहा कर दिया है जिले के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया गौरतलब है कि छब्बीस मई दो हजार आठ को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बारहवीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए गए थे जिसमें जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा स्कूल की छात्रा पोराबाई ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में पहला स्थान हासिल किया था इस मामले में शिक्षा मंडल द्वारा की गई जांच के बाद पोराबाई सहित नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी मौसम प्रदेश में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान ठंड में कुछ कमी आ सकती है मौसम विभाग के अनुसार राज्य में हवा की दिशा बदलकर दक्षिण पूर्व हो गई है इस कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है वहीं अधिकतम तापमान में भी हल्की वृद्धि होने की संभावना है

न्याय के बयार सब्बो बर सब्बो डहर शीर्षक से प्रकाशित इस कैलेंडर में राज्य सरकार के दो वर्षो के विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया है

उसे प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर लाया गया है यह जवान तमिलनाडु के त्रिवेंद्रम का रहने वाला है जो मोदकपाल में पदस्थ था